प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह पैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा मैथिली भाषा में इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के भीतर प्रदेश में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना जतायी है विभाग के अनुसार पिछले बारह दिनों तक कमजोर रहने के बाद कल से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है अरब सागर से लेकर पश्चिम बंगाल तक अनुकूल वातावरण बन गया है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार कुछ हिस्सों में बारिश और दक्षिण बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है सबसे अधिक भागलपुर के चंपानगर में नौ मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी मरने वालों में मुधबनी के दो और दरभंगा के एक व्यक्ति शामिल हैं इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग एक से आठ तक की कक्षाओं का संचालन छब्बीस जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों से ऋण वितरण में उदारता दिखाने को कहा है सासाराम में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में श्री मोदी ने कहा कि सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकों को किसान और युवाओं को अधिक से अधिक लोन देना चाहिए श्री मोदी ने बैंक अधिकारियों को हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने का निर्देश दिया भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों आईआईटी में इस बार लड़कियों को चौदह प्रतिशत सीटों पर दाखिला मिलेगा इसके लिए अलग से फीमेल ओनली पूल बनाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लड़कियों का कोटा बढ़ाने के लिए आईआईटी में छह प्रतिशत अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गयी हैं पहले आठ प्रतिशत सीटों पर लड़कियों का नामांकन होता था प्रदेश के दो हजार पांच सौ उनहत्तर मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जायेगा इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा है शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक हाई स्कूल की स्थापना के सरकार के संकल्प के अनुरूप मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का फैसला किया गया है केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि पटना जिले मसौढ़ी थाना क्षेत्र के पोआवां नशोपुर घाट के बीच पुनपुन नदी पर बीस करोड़ रूपये की लागत से पुल और सम्पर्क पथ का निर्माण किया जायेगा इस पुल के बन जाने से मसौढ़ी और दानापुर एक दूसरे से जुड़ जायेंगे वहीं पोआवां और नौबतपुर की दूरी घट कर छह किलोमीटर तक रह जायेगी कैमूर जिले के कर्मनाशा नदी से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा में घूसकर ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में एक दारोगा समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है पूलिस अधीक्षक मोहम्मद फरोगुद्दीन ने बताया कि दुर्गावती थाने में तैनात एक पेट्रोलिंग पार्टी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गयी थी उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और जिला पुलिस की जांच में पेट्रोलिंग टीम पर अवैध वसूली के आरोपों को सही पाया गया जिसके बाद ये कार्रवाई की गयी एसटीएफ ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी पप्पू चौधरी को पटना हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी पर पटना समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के कई थानों में हत्या लूट और रंगदारी के मामले दर्ज हैं राज्य सरकार ने बीस साल सेवा दे चुके पचपन वर्ष की आयु वाले चौकीदारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नई योजना शुरू की है योजना के तहत चौकीदार वीआरएस लेकर अपने आश्रितों को नियुक्त करा सकेंगे गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अगले महीने तक सात हजार एएनएम की बहाली की जायेगी श्री पांडेय ने कहा कि एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले छात्रों का अब सीधे कैम्पस सेलेक्शन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क होगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान राज्य के सभी जिलों के दो सौ अठारह प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में पन्द्रह जुलाई से ग्रामीण चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा प्रदेश के नगर निकायों के वार्ड आयुक्तों के खाली पड़े पदों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है पटना नगर निगम के वार्ड संख्या उनतीस में उपचुनाव के लिए बाईस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वार्ड संख्या चार के उपचुनाव के लिए मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही वोटरों की लम्बी कतार देखी जा रही है बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस जून तक बढ़ा दी है खान और भू तत्व विभाग ने अपने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जांच के नाम पर बालू लदे वाहनों को नहीं रोकने का निर्देश दिया है साथ ही बालू घाटों पर बालू के लोडिंग के लिए ट्रकों और ट्रैक्टरों को अब लम्बा इंतजार नहीं करना होगा विभागीय सचिव दीपक कुमार ने कहा कि बालू की बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये निर्देश जारी किये गये हैं जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए आज से पटना में पूर्वी भारत के राज्यों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे केन्द्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मलित होंगे बैठक में कृषि वन जल संसाधन आपदा प्रबंधन नगर विकास नगर परिवहन उद्योग ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनुकूल नीति निर्धारण पर जोर दिया जायेगा प्रदेश में संचालित मद्य निषेध अभियान को केन्द्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ जागरूकता अभियान का पुरस्कार दिया जायेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छब्बीस जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे केन्द्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में कटिहार दो सौ सत्तासीवें स्थान के साथ बिहार के शहरों में पहले स्थान पर है पटना को इस सूची में तीन सौ बारहवां स्थान मिला है पिछले साल पटना दो सौ बासठवें स्थान पर था सर्वेक्षण में बिहार के सभी शहरों को राष्ट्रीय औसत से काफी कम अंक मिले हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने गोपालगंज से मैट्रिक की कॉपियों के गायब होने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है कबाड़ी को बेच दी मैट्रिक की कॉपियां प्रधानमंत्री के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये दैनिक जागरण लिखता है एक ही परिवार के महिमामंडन ने देश के सपूतों को भुला दिया प्रभात खबर की सुर्खी है सर्वर डाउन होने से छह घंटे तक प्रभावित रहा एयर इंडिया का परिचालन दैनिक भास्कर लिखता है पन्द्रह अगस्त से पूरे प्रदेश में ऑन लाईन दाखिल खारिज राष्ट्रीय सहारा ने चैंपियन्स ट्रॉफी हॉकी से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल आज लिखता है पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को गुरूद्वारा जाने से रोका